कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप आज छत्तीसगढ़ पहुंची इस बार वैक्सीन की दो लाख पैंसठ हजार खुराक मेजी गई मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सहित प्रदेश में पांच नये उद्यानिकी महाविद्यालयों का किया ई शुभारंभ प्रदेश में महिला समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने के लिए सीजी मार्ट शुरू किए जाएंगे

उन्होंने कहा कि देशवासियों के आत्मसम्मान और स्वयं के घर के बीच सीधा संबंध है श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका भी अपना घर हो सकता है और वे जीवन में किसी भी समस्या से निपट सकते हैं प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तरप्रदेश में छह लाख दस हजार लाभार्थियों को लगभग दो हजार छह सौ इंक्यानवे करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गांव में रहने वाले गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई है

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग दो करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाये गए अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब सवा सौ करोड़ घरों की चाबी लगी दी जा चुकी है सवा सौ करोड़ घरों की चाबी इन घरों को बनाने के लिए करीब करीब डेढ़ लाख करोड़ रूपये अकेले केन्द्र सरकार ने दिए घरों को महिला सशक्तीकरण का उदाहरण बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त कर रही है क्योंकि इनमें से ज्यादातर मकान महिलाओं के नाम हैं केन्द्र सरकार द्वारा घर के साथ गैस सिलेंडर और बिजली कनेक्शन जैसी कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं

इस बार वैक्सीन के तेईस बॉक्स भेजे गए हैं इसमें वैक्सीन की दो लाख पैंसठ हजार खुराक हैं एयरपोर्ट प्रबंधन और राज्य वैक्सीन भंडार के प्रभारी अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है मुंबई से कोरोना वैक्सीन लेकर रायपुर पहुंचे इंडिगो के विमान का वाटर कैनन सैल्यूट से स्वागत किया गया उन्होंने बताया कि कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन की द्सरी खेप आज दोपहर छत्तीसगढ़ पहुंची वहीं पहली खेप में बीती तेरह जनवरी को प्रदेश को कोविशील्ड वैक्सीन की तीन लाख तेईस हजार खुराक प्राप्त हुई थीं इस बीच राज्य के सभी निर्धारित केन्द्रों में मंगलवार शुक्रवार और रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक कोरोना टीकाकरण का कार्य चल रहा है इसी कड़ी में राजधानी रायपुर स्थित अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी सुंदरानी और प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर आरके पांडा ने आज कोरोना टीका लगवाया इसके बाद दोनों चिकित्सक अस्पताल में कार्य पर आ गए इन चिकित्सकों ने स्वास्थ्यकर्मियों से आग्रह किया है कि वे टीका अवश्य लगवाएं क्योंकि यह पूरी तरह सुरक्षित है वहीं टीकाकरण अभियान के तहत अब तक दस हजार आठ सौ बहत्तर स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है इनमें वरिष्ठ चिकित्सक और नर्स से लेकर सफाईकर्मी भी शामिल हैं राजधानी रायपुर में वरिष्ठ चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर एटी दाबके राजनांदगांव के वरिष्ठ चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना के साथ अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों ने बताया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें खास परेशानी नहीं हुई और वे सामान्य रूप से अपना काम कर रहे हैं हालांकि चिकित्सकों ने यह भी कहा कि वैक्सीन लगने के बाद भी सभी को कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा चिकित्सकों के अनुसार वैक्सीन की दूसरी डोज के चौदह दिनों के बाद ही शरीर में प्रतिरक्षात्मक तंत्र विकसित होता है

डॉक्टर मंडल ने कहा कि कोरोना टीका पूरी तरह सुरक्षित है और इसकी विश्वसनीयता को लेकर लोग किसी तरह के भ्रम में न रहें इस बीच छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमित तीन सौ तिरासी नये मरीजो की पहचान की गई जबकि तीन सौ अड़तीस मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया वहीं कल कोरोना संक्रमण से आठ लोगों की मौत हो गई वर्तमान में राज्य में पांच हजार नौ सौ बत्तीस मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है बीएसएफ डीजी जवान मुलाकात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने प्रदेश के माओवाद प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों को आदिवासियों की सुरक्षा का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं श्री अस्थाना ने कल छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान कांकेर जिले के माओवाद प्रभावित इलाकों का दौरा किया उन्होंने बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की और सीओबी महला और कटगांव में स्थापित नये कैम्प का भी निरीक्षण किया श्री अस्थाना ने माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाने के दौरान बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों को सतर्क रहने तथा आदिवासियों की मदद करने के निर्देश दिए अपने प्रवास के दौरान श्री अस्थाना ने कल राजधानी रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके से भेंट कर माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी दी माओवादी मुठमेड़ बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है मौके से मृत माओवादी के शव के अलावा हथियार भी बरामद किए गए हैं इस मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया है जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि तर्रेम थाना क्षेत्र स्थित घटनास्थल से माओवादियों का सामान और साहित्य भी बरामद किया गया है वहीं दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर नीलवाया मार्ग पर सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए तीस किलो वजनी विस्फोटक बरामद कर उसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से इन कॉलेजों का ई शुभारंभ किया इन नये उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना साजा अर्जुन्दा धमतरी जशपुर और लोरमी में की गई है इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोंडागांव में नये कृषि विज्ञान केन्द्र का भी ई शुभारंभ किया इन नये कृषि महाविद्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करीब एक सौ पंद्रह करोड़ रूपये की लागत से की गई है कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अध्ययन केन्द्र का शुभारंभ भी किया इसकी मदद से छत्तीसगढ़ में किसानों की उपज लागत का अध्ययन किया जाएगा इसके लिए पच्चीस पदों की मंजूरी भी दी जा चुकी है कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इन महाविद्यालयों की स्थापना से प्रदेश में कृषि शिक्षा अनुसंधान और प्रसार का मजबूत नेटवर्क तैयार होगा उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है

कुल दो हजार आठ सौ छियानवे उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए हुआ है धान खरीदी प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है आज बीस जनवरी तक उन्नीस लाख से अधिक किसानों से बयासी लाख बावन हजार मीटरिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है इसके बदले किसानों को तेरह हजार आठ सौ उनचास करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है धान खरीदी के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष एक लाख तिरानवे हजार अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया है खाद्य विभाग के अनुसार प्रदेश में धान खरीदी के लिए पर्याप्त संख्या में बारदाने उपलब्ध है किसानों की सुविधा के लिए वैकल्पिक रूप से बारदानों की व्यवस्था की गई है वहीं अघूरे और गलत गिरदावरी के अड़तालीस हजार से अधिक मामले सुधार लिए गए हैं इस बीच कबीरधाम जिले में आज कवर्धा विकासखंड के रबेली और जिंदा धान खरीदी केन्द्र का राजस्व विभाग की टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया इन केन्द्रों में अवैध रूप से लाया गया करीब एक सौ बीस क्विंटल धान जब्त किया गया मुख्यमंत्री सीजी मार्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने के लिए सीजी मार्ट शुरू करने की घोषणा की है यह बात मुख्यमंत्री ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को ग्यारहवीं और बारहवीं किश्त की राशि जारी करने के दौरान कही उन्होंने गोबर विक्रेताओं के लिए करीब साढ़े सात करोड़ रूपये की राशि जारी की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सीजी मार्ट सबसे पहले राजधानी रायपुर में शुरू किए जाएंगे बाद में संभाग और जिला स्तर पर इसके केन्द्र खोले जाएंगे सीजी मार्ट में तेलघानी से सरसो अलसी और राई के तेल भी बिक्री के लिए रखे जाएंगे इस मौके पर कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता ने बताया कि आने वाले समय में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार वर्मी कम्पोस्ट खुले बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे भाजपा बयान आगमन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से बस्तर क्षेत्र में विकास की गति थम गई है श्री साय ने कोंडागांव प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा की इससे पहले वे कोंडागांव में निकाली गई मोटरसाइकिल रैली में शामिल हुए और पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक भी ली वहीं भाजपा नेता ओपी चौधरी ने खेतों की गिरदावरी प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना की जांजगीर में एक पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने राज्य सरकार पर खेतों का रकबा घटाने का आरोप लगाया इस मौके पर सांसद गुहाराम अजगले के साथ भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता सौदान सिंह का पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ इस मौके पर रायपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया

रायपुर रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पिछले दिनों उरला सरोरा क्षेत्र में एक कैशियर के साथ हुई इकतीस लाख रूपये की लूट के मामले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इनके पास से लूट के पच्चीस लाख रूपये भी बरामद किए गए हैं वहीं महासमुंद की कोमाखान पुलिस और साइबर सेल की टीम ने लूटपाट करने वाले गिरोह में शामिल एक नाबालिग सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है ओडिशा के रहने वाले इन आरोपियों के पास से एक नग देशी कट्टा दो जिंदा कारतूस ग्यारह नग मोबाइल और अन्य धारदार हथियारों के साथ नगद राशि भी बरामद की गई है वहीं राजनांदगांव जिले की तुमड़ीबोड़ पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है भगत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत अब जन समस्याओं के निराकरण के लिए हर बुधवार को सुबह ग्यारह बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये लोगों से बातचीत करेंगे इसी कड़ी में उन्होंने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से मोबाइल वैन के माध्यम से सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ चर्चा की उन्होंने धान खरीदी बिजली और पेयजल की व्यवस्था के साथ राशनकार्ड में सुधार जैसे विषयों पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं

इसके अनुसार अब मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य किए जा रहे हैं इसे देखते हुए अब ऐसे व्यक्ति जिनके पास मंत्रालय सुरक्षा कार्यालय द्वारा जारी किए गए वैध स्थायी या अस्थायी प्रवेश पत्र है उन्हें मंत्रालय में आने दिया जाएगा वहीं अन्य व्यक्तियों को विभागीय सचिव की अनुमति से ही मंत्रालय में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी मंत्रालय पहुंचने वाले सभी लोगों के लिए कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा खुडमुड़ा हत्याकांड दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना इलाके में करीब एक महीने पहले हुई खुड़मुड़ा हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस ने नई टीम का गठन किया है दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने इस बारह सदस्यीय जांच टीम को मामले की विवेचना कर आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं

बीजापुर चक्काजाम बीजापुर जिले के भैरमगढ़ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चक्काजाम किया इन ग्रामीणों ने स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की मांग की साथ ही माओवादियों के नाम पर कथित रूप से ग्रामीणों की फर्जी गिरफ्तारी और फर्जी इनकाउंटर को रोकने की मांग की ग्रामीणों का चक्काजाम कई घंटों तक चला सुरक्षा के लिए मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था मौसम प्रदेश में कल से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है इसकी वजह से राज्य में एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार राज्य में दक्षिण क्षेत्र से नमीयुक्त गर्म हवा आने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई थी लेकिन कल से उत्तरी और मध्य क्षेत्र से ठंडी और शुष्क हवाओं के आने से मौसम ठंडा हो सकता है संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके आज बिलासपुर के चकरभाठा स्थित श्री सिंधु अमर धाम आश्रम में आयोजित चालीहो महोत्सव में शामिल हुई सिक्खों के दसवें गुरू और खालसा पंथ के संस्थापक गुरू गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न गुरूद्वारों में शबद कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है धमतरी स्थित गुरूद्वारे में अरदास की गई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बिलासपुर शहर के ब्लॉक क्रमांक एक के अध्यक्ष तैय्यब हुसैन को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और रीजनल आउटरीच ब्यूरो आरओबी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत श्रमदान कर रायपुर कार्यालय परिसर में साफ सफाई की रायपुर में मेकाहारा के कार्डियक इंस्टीट्यूट में पहली बार की गई एक महिला की ओपन हार्ट सर्जरी पूरी तरह सफल रही है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अस्पताल पहुंचकर मरीज से मुलाकात की और इस सर्जरी में शामिल में चिकित्सकों की सराहना की राजनांदगांव जिले की अंबागढ़ पुलिस ने शासकीय राशि के गबन के मामले में सांगली की पूर्व सरपंच और पंचायत सचिव को गिरफ्तार कर लिया है राजनांदगांव जिले के चिचोला थाना क्षेत्र में पाटेकोहरा चेकपोस्ट के पास बीती देर रात दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई आपसी भिडंत में दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हें